प्रदेश के आठ लोकसभा सीटों पर कल डाले जायेंगे वोट लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के दस सीटों पर एक सौ बीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में राज्यपाल राम नाईक ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी से चुनाव आचार संहिता का पालन करने का किया आह्वान मतदाताओं से की मतदान करने की अपील बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये कल जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची

इस चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा सीटों सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कल ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि सहारनपुर से ग्यारह कैराना से तेरह मुजफ्फरनगर से दस बिजनौर से तेरह मेरठ से ग्यारह बागपत से तेरह गाजियाबाद से बारह और गौतमबुद्व नगर से तेरह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद पुलिस ने इन सभी जिलों में सुरक्षा इंतजाम और सख्त कर दिये हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की एक रिपोर्ट राज्य में पहले चरण में जिन आठ सीटो पर मतदान होगा उनमें गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर बागपत सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर और कैराना शामिल हैं सभी पार्टियों के नेता पहले ही अपना गहन प्रचार कर चुके हैं आज ईवीएम मशीनों के साथ मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके गन्तव्य स्थानों के लिए भेजा जायेगा इस चरण में कुल छियान्नवे उम्मीदवार मैदान में हैं इस बीच कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे वहीं भाजपा की स्मृति ईरानी का कल इस सीट से अपना पर्चा दाखिल करने का कार्यक्रम है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ तीसरे चरण में प्रदेश में दस लोकसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद कुल एक सौ बीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन कल बारह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिये तीसरे चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों में सबसे अधिक सोलह प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट पर जबकि सबसे कम छह प्रत्याशी फिरोजाबाद सीट पर है इस चरण के लिये अट्ठाईस मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीभीत लोकसभा सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कल अपना चौवनवां शौर्य दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने कहा मरणोप्रान्त शौर्य पदक से आज सम्मानित वीरों के स्मृति को मैं नमन करता हूं देशवासियों की रक्षा के लिए सदैव सचेत और सक्रिय रहने वाले पुलिसबलों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण के अनेक असाधारण आदर्श प्रस्तुत किये हैं उनके सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में सीआरपीएफ आज के दिन शौर्य दिवस मनाती है राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है उन्नीस सौ पैंसठ में कल के ही दिन सीआरपीएफ की एक छोटी ट्कड़ी ने गुजरात में कच्छ के रण में सरदार चौकी पर बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम किया था केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने वीर जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए नौ अप्रैल के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है

न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म प्रमाणित नही की है न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा संजय खन्ना की पीठ ने व्यवस्था दी कि अगर फिल्म ग्यारह अप्रैल से पहले रिलीज हो जाती है तभी याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग में शिकायत कर सकते है राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश में कल से शुरू होकर उन्नीस मई तक सात चरणों में सम्पन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में राजनैतिक पार्टियों उम्मीदवारों मतदाताओं चुनाव में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों तथा सुरक्षा दलों का आह्वान करते हुए कहा कि वे चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुये शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने का मार्ग प्रशस्त करें उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है राज्यपाल ने कहा कि मतदाता जनतंत्र के निर्माता हैं वे संविधान के अधिकार का प्रयोग करके सरकार के गठन में सहयोग करें मतदान किसको करना है यह मतदाता का विशेषाधिकार है उन्होंने कहा कि मतदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं मतदान करने जायें और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करें निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से लेकर सातवें और अन्तिम चरण के मतदान के दौरान किसीभी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट तथा अन्य सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होगा कल सुबह सात बजे से उन्नीस मई के शाम साढे छ बजे के दौरान किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी नहीं किया जा सकेगा किसी भी चरण के मतदान के सम्पन्न होने से अड़तालिस घंटे पहले मीडिया में कोई भी ओपीनियन पोल चुनाव सर्वेक्षण जारी नहीं हो सकेगा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये बह्जन समाज पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है पार्टी ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकूल दुवे को सीतापुर संसदीय सीट से अरशद अहमद सिद्दीकी को धौरहरा से सीएल वर्मा को मोहनलालगंज से सुखदेव प्रसाद को फतेहपुर से और चन्द्रदेव राम यादव को कैसरगंज संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिये अब तक बाईस उम्मीदवारों के नाम तय कर दिये हैं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि दिल्ली के आयकर निदेशालय ने विभिन्न लोगों के पास लगभग दो अरब इक्यासी करोड़ रूपये की बेहिसाबी नकदी का पता लगाया है सीबीडीटी के एक बयान में बताया गया है कि एक प्रमुख व्यक्ति के घर से दिल्ली स्थित एक राजनीतिक दल के मुख्यालय को बीस करोड़ रूपये की नकदी भेजे जाने का भी पता चला है लेकिन उसने इस व्यक्ति या राजनीतिक दल के बारे में जानकारी नहीं दी है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने देश में जारी आयकर छापों के सिलसिले में कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की राजस्व सचिव ए बी पांडे और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पी सी मोदी को निर्वाचन आयोग ने बुलाया था बाराबंकी में नवाचार कार्यक्रम अच्छे शिक्षक अच्छे स्कूल अच्छे छात्र अच्छे समाज के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा में प्रथम हितीय और तृतीय स्थान पर आये छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी उदयमान् त्रिपाठी ने प्रस्कार देकर सम्मानित किया खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बहरौली में आयोजित यह परीक्षा बाराबंकी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आये दो सौ तेरह विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिये आयोजित की गई थी प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर चल रहे नवरात्र मेला जोरों पर है आज मॉ भगवती के पांचवे स्वरूप माता स्कंद की उपासना की जा रही है मिर्जाप्र जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाले चैत्र नवरात्र मेले में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा दो हजार उन्नीस के लिए कल से पंजीकरण शुरू हो गया है विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि यात्रा आठ जून से आठ सितम्बर के बीच दो मार्गो से होगी पंजीकरण की अंतिम तिथि नौ मई है